लघ् और सीमान्त किसानों को बोनस देने और कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाने का किया वादा

महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर

नीमच मंदसौर और शाजापुर जिले में आज मुख्यमंत्री की सभायें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कटनी और जबलपुर जिले में सभाओं को कर रहे हैं संबोधित

भाजपा दृष्टिपत्र भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना दृष्टिपत्र जारी कर दिया है केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौज़दगी में जारी किये गये इस दृष्टिपत्र में पार्टी ने समृद्ध प्रदेश बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य में विकास की गति को और तेज करने तथा लोगों का जीवनस्तर ऊॅचा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लाग की गई कल्याणकारी योजनायें जारी रहेंगी दृष्टिपत्र में लघ और सीमान्त किसानों को कृषक समृद्धि योजना के तहत बोनस देने हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने और सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी पहली कक्षा से पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च वहन करने का वादा किया गया है दृष्टि पत्र में बारहवी कक्षा में पचहत्तर प्रतिशत अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने निर्वेशको को प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में बारह नये कलस्टर विकसित करने और इंदौर ग्वालियर जबलपुर और भोपाल में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल स्थापित करने का वादा भी किया गया है पार्टी ने दृष्टिपत्र में कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाने का वादा भी किया है

इसमें कहा गया है कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को राजनैतिक और सामाजिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए पूरा अवसर दिया है पंचायतों और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण पहले से ही लागू है पुलिस भर्ती में भी तैतीस प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान है इन्हें जारी रखने के साथ ही महिला स्वसहायता समूह को और सशक्त बनाया जायेगा समूहों को ब्याजमुक्त ऋण देने के साथ ही मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत प्रति वर्ष तीन लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा महिला सुरक्षा के लिए और भी प्रभावी कदम उठाये जायेंगे संकल्प पत्र में महिलाओं को शहरी परिवहन में रियायत देने और साठ वर्ष से अधिक आय् की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का वादा भी किया गया है जज शपथ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस के सेठ सोमवार को जबलपुर में तीन नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे इस अवसर पर भोपाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला इंदौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव श्रीवास्तव और ग्वालियर जिला न्यायाधीश वीवीएस चौहान नए न्यायाधीश के रूप मैं शपथ लेंगे

इनमें एक आगर और दूसरी सुसनेर है आगर विघानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वहीं सुसनेर अनारक्षित विघानसभा सीट है

आगर में एक लाख छह हजार नौ सौ इकसठ और सुसनेर में एक लाख दस हजार दो सौ छप्पन पुरुष मतदाता हैं वहीं महिला मतदाता आगर में एक लाख चार सौ पन्द्रह हैं और सुसनेर में एक लाख दो हजार तिरेपन हैं जिले में क्ल छह सौ बारह मतदान केन्द्र बनाये गये हैं इनमें से आगर विधानसभा क्षेत्र में पचपन और सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में बयालीस संवेदनशील मतदान कोन्द्र के रूप में चिन्हित किये गये हैं इस बार के विघानसभा चुनाव में आगर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार मनोहर ऊॅटवाल को मौका दिया है वहीं कांग्रेस के युवा उम्मीद्वार विपिन वानखेड़े का उनसे मुकाबला दिलचस्प रहेगा सुसनेर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने मुरलीघर पाटीदार को फिर से मौका दिया है उनका मुकाबला कांग्रेस के महेन्द्र सिंह परिहार से होगा

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू द्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं चुनाव दौरे विघानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नीमच मंदसौर शाजापुर और सीहोर जिले की विभिन्न विधानसभाओं में पहॅचकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह आज बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज कटनी जिले की बहोरीबंद जबलप्र पनागर लखनादौन में च्नावी सभाओं को संबोधित करेंगे जबकि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह विन्ध्य क्षेत्र की मैहर बांधवगढ़ नागौद रैगॉव चित्रकूट और रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं मतदाता पर्ची वितरण सतना के जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले की सातों विधानसभा क्षेत्र में चित्रकूट रैगांव सतना नागौद मैहर अमरपाटन और रामपुर बघेलान के सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं को मतदान सुविघा की दृष्टि से बीएलओ द्वारा मतदान पर्ची का वितरण सुनिश्चित किया जाये

यह भी निर्देश दिये गये है कि मतदाता पर्ची वितरण के बाद परिवार के मुख्य सदस्य के हस्ताक्षर अवश्य लिए जायें

इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों दिये जा सकेंगे आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान टीव्ही चैनलों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले पैनल परिचर्चाओं वाद विवाद तथा अन्य समाचारों और ताजा स्थिति पर आघारित कार्यक्रमों में अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं

उनके साथ एटीएस एडीजी संजीव शमी एआईजी आर्विद अली सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे

लघु और सीमान्त किसानों को बोनस देने और कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाने का किया वादा

महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर

नीमच मंदसौर और शाजापूर जिले में आज मुख्यमंत्री की सभाये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कटनी और जबलपुर जिले में सभाओं को कर रहे हैं संबोधित